भारत निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा सहित देशभर के चौंसठ विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है चित्रकोट उप चुनाव के लिए तेईस सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी तीस सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे एक अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा वहीं मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा चौबीस अक्टूबर को की जाएगी गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित चित्रकोट विधानसभा सीट दीपक बैज द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद से रिक्त है श्री बैज ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था दंतेवाड़ा उप चुनाव इस बीच दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए आज दोपहर तीन बजे प्रचार थम गया इसके बाद से प्रत्याशी और उनके समर्थक अब घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं दंतेवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में परसों तेईस सितंबर को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे चुनाव आयोग ने इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य पार्टियों के कुल नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मतदान के लिए दो सौ तिहत्तर केन्द्र बनाए गए हैं यहां एक लाख अठासी हजार दो सौ तिरसठ मतदाता हैं जिनमें से नवासी हजार सात सौ सैंतालीस पुरूष और अंठानवे हजार आठ सौ छिहत्तर महिला मतदाता शामिल हैं उप चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्ति के अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान एक्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जीएसटी परिषद बैठक वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने होटल किराये सहित कई उत्पादों पर कर दरों में कटौती की है पॉलिश किए गए अर्धमूल्यवान रत्नों पर भी कर दरें कम की गई हैं परिषद ने कुछ अन्य मदों पर कर दरें बढ़ाने की भी सिफारिश की है वस्तु और सेवा कर के तहत करदाताओं के पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी फैसला किया गया है जीएसटी परिषद की सैंतीसवीं बैठक कल गोवा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए उन्होंने बैठक में प्रदेश की मांगों को काउंसिल के सामने रखा श्री सिंहदेव ने जीएसटी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को हो रहे राजस्व के संबंध में राज्य का पक्ष रखा उन्होंने कहा कि जीएसटी से छत्तीसगढ़ को बहुत अधिक नकसान के राजस्व की हानि हो रही है इसमें क्षतिपूर्ति केवल वर्ष दो हजार बाईस तक ही देने का प्रावधान है इसके बाद ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिससे राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके उन्होंने राज्य हित में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को दो हजार बाईस के बाद भी जारी रखने की मांग की श्री सिंहदेव ने बैठक में छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए जीएसटी की प्रक्रिया के सरलीकरण का भी सुझाव दिया स्कूल मल्टीमीडिया ऐप प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नवमीं और दसवीं के विद्यार्थी अब स्कूल के बाहर भी अपनी किताबों का रोचक तरीके से अध्ययन कर सकेंगे मल्टी मीडिया ऐप के जरिये अब ये विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों को न केवल देख सकेंगे बल्कि सुन भी सकेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह मल्टीमीडिया ऐप संयुक्त रूप से तैयार किया गया है इस ऐप को विषय विशेषज्ञों ने अनुसंधान के बाद तैयार किया है इसमें पाठ का परीक्षण करने के बाद उस वीडियो लेखन को मोबाइल ऐप में बदलकर अपलोड किया गया है इस ऐप की सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्र अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर सीजी एमएमटीबी डाउनलोड कर पंजीयन करा सकते हैं समाज कल्याण पहचान पत्र प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अब पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा इसके तहत उन्हें एक अक्टूबर तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना पड़ेगा हितग्राहियों को जिला आधार नामांकन केन्द्रों में आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी हितग्राही किसी भी आधार नामांकन केन्द्र में आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं हितग्राहियों को आधार नंबर मिलने तक अन्य वैकल्पिक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी बीएसपी युद्धपोत प्लेट भिलाई इस्पात संयंत्र ने अब भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए उच्च शक्ति वाले युद्धपोत ग्रेड प्लेटों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है हालांकि भिलाई इस्पात संयंत्र कई दशकों से शिप बिल्डिंग ग्रेड प्लेटों का उत्पादन पहले से करता रहा है इनमें यूरोपियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को निर्यात की गई प्लेटें भी शामिल हैं उल्लेखनीय है कि इस तरह के विशिष्ट प्लेटों का आयात पहले रूस से किया जाता था एससीईआरटी आंकलन प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में आंकलन केन्द्र का गठन किया गया है इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर आंकलन के मानकों का निर्धारण करते हुए रूपरेखा तैयार करना क्रियान्वयन करना और आंकड़ों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार शिक्षकों को जागरूक तथा कक्षागत् शिक्षण में मदद करना है इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए समन्वयक और सदस्य नियुक्त किए गए हैं टास्क फोर्स को कैलेंडर प्रबंधन आंकलन प्रश्न बैंक का निर्माण डेटा विश्लेषण रिपोर्टिंग शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यास अनुसंधान संचार और प्रसार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है सोलह से तीस सितंबर तक आयोजित इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर मंडल के स्टेशनों और ट्रेनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आज रायपुर मंडल की ट्रेनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया साथ ही रायपुर स्टेशन परिसर में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की गई इस दौरान पार्किंग परिसर की भी साफ सफाई की गई स्वच्छता पखवाड़े के तहत कल बाईस सितंबर को स्वच्छ रेलगाड़ी तेईस को स्वच्छ परिसर चौबीस और पच्चीस को स्वच्छ आहार छब्बीस और सत्ताईस को स्वच्छ नीर अट्ठाईस को स्वच्छ प्रसाधन तथा तीस सितंबर को स्वच्छ प्रतियोगिता थीम पर कार्य किए जाएंगे

उम्मीदवार बिहान की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण कर शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार वरीयता सूची तैयार कर पात्र उम्मीदवारों को चार से चौबीस अक्टूबर तक दस्तावेज परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है स्काई वॉक निरीक्षण राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में निर्माणाधीन स्काई वॉक की उपयोगिता और अन्य वैकिल्पक उपयोग के संबंध में गठित सामान्य सुझाव समिति के सदस्यों ने आज स्थल का निरीक्षण किया सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल से शास्त्री चौक तक स्काई यॉक का अवलोकन किया इस दौरान इंजीनियरों ने सदस्यों को स्काई वॉक के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी निरीक्षण के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्काई वॉक की उपयोगिता और वैकल्पिक उपयोग के संबंध में विचार विमर्श किया गया विषय विशेषज्ञों ने स्काई वॉक की उपयोगिता पर प्रस्तुतिकरण दिया बैठक में जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने स्काई वॉक के संभावित विकल्पों पर भी अपने सुझाव दिए अधिकारियों ने बताया कि स्काई वॉक की लागत पचहत्तर करोड़ रूपये है अब तक पचास करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं

इसमें देशभर के जाने माने साहित्यकार और पत्रकार शामिल हो रहे हैं दशहरा और दीपावली त्यौहार पर ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने हटिया और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दो अक्टूबर से पांच फेरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है